इस दौरान केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गहलोत विनय सहस्त्रबुद्दे सहित देश और प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे श्री गौर का आज सुबह निधन हो गया था श्री गौर लम्बे समय से बीमारी के चलते भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी

उन्होंने उमाभारती के बाद मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी श्री गौर को राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर तक पहंचाने का श्रेय दिया जाता है

श्री गौर के निधन पर राज्य में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है साथ ही आज राज्य के शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में आधे दिन का अवकाश है श्री गौर के निधन पर प्रदेश भाजपा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गौर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि बाबूलाल गौर ने दशकों तक लोगों की सेवा की जनसंघ के दिनों से वे लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिये काम करते रहे एक मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में बदलाव के लिये अनेक प्रयास किये राज्यपाल लालजी टंडन ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है उन्होंने कहा कि श्री गौर के निधन का समाचार दूःखद है ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके अंतिम दर्शन करने उनके निवास पहुंचे उन्होंने कहा कि उनके जैसा नेता कोई नहीं हो सकता वे लोगों की समस्याओं का बेहद गम्भीरता से समाधान करते थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर दुःख और संवेदनाए प्रकट की हैं यूजीसी चैयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता इन दिनों देश में सबसे बड़ी चुनौति है और यूजीसी इस दिशा में सुधार के लिये लगातार प्रयास कर रही है प्रोफेसर सिंह आज भोपाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी जड़ो से जोड़ने की बजाय दूर करती है अब यूजीसी सोशल कनेक्ट जैसे उपायों के माध्यम से यह प्रयास कर रही है कि विद्यार्थी और शिक्षक गांव और अपनी पृष्ठभूमि के करीब आए इसके लिये पांच गांव गोद लेने जैसी कई शुरूआत की गई है उन्होंने यूजीसी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिये किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी नशा मुक्ति अभियान राज्य सरकार प्रदेश में मिलावट के विरूद्व अभियान के बाद अब नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेगी

उन्होंने कहा कि हमने राज्य में मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया है अब नशेले पदार्थो के इस्तेमाल को रोकने के लिए मुहिम शुरू की जायेगी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मुहिम में स्कूल बच्चे भी जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा खरीदने वाला तो दोषी है ही लेकिन उनसे बड़े अपराधी नशे का व्यापार करने वाले हैं हॉकी हॉकी के ओलंपिक टेस्ट इवेंट में भारतीय पुरूष टीम ने न्यूजीलैण्ड को पांच शून्य से हरा दिया कप्तान हरमनप्रीत सिंह शमशेर सिंह नीलकांत शर्मा गुरूसाहिबजीत सिंह और मनदीप सिंह ने एक एक गोल किया वहीं महिला टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है महिला टीम ने अंतिम राउण्ड रोबिन मुकाबले में चीन को हराया भारतीय महिला टीम अंक तालिका में सबसे उपर है आज उसका मुकाबला मेजबान जापान से होगा

जबलपुर सागर रीवा और शहडोल संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हई जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये बरगी बांध और नर्मदा का नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है वहीं उमरिया जिले में दो दिन से रूक रूक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य हिस्सो में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

इसके तहत जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

जिससे हितग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध हो सके